कुख्यात नक्सली अजय कानू को हत्या के मामले में साढ़े सात साल की सजा

सीबीआई जब्त कागजात के आधार पर सूची तैयार कर रही है जब्त कागजात के आधार पर ब्रजेश को मदद पहुंचाने वाले कई लोगों के खिलाफ सबूत के आधार पर सीबीआई की राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर है इधर जदयू ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री दामोदर राउत के बेटे राजीव राउत को पार्टी से निकाल दिया है राजीव प्रदेश युवा जदयू में महासचिव के पद पर थे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपी से उनके संबंधों को लेकर पार्टी ने यह कार्रवाई की है ब्रजेश ठाकुर के मुजफ्फरपुर स्थित आवास और अखबार के दफ्तर से जब्त कंम्प्यूटर और लैपटॉप को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री में जांच के लिये भेजा जायेगा इधर इस कांड में सुरक्षा कारणों से ब्रजेश ठाकुर समेत सभी दस आरोपियों की पेशी शनिवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये करायी गयी

जहानाबाद जेल में हुये कांड का मुख्य आरोपी नक्सली अजय कानू को दूसरे अपराधियों की तरह बाहर के जेल में भेजा जायेगा वहीं दूसरी ओर औरंगाबाद के नवीनगर में हुयी हत्या के आरोप में सीआईएसएफ के जवान को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने आरोपी जवान बलवीर सिंह पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है आरोपी बलवीर सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग कर अपने चार साथियों की हत्या कर दी थी वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला है

यह सुविधा दूर संचार सेवा कंपनियों के साथ पंद्रह सितम्बर से शुरू की जा रही है इसके तहत मोबाइल सिम कार्ड के लिये आवेदन के साथ लगाये गये फोटो को संबंधित व्यक्ति के सामने लिये गये फोटो से मिलान की जायेगी अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह कदम फिंगर प्रिंट में गड़बड़ी की आशंका खत्म करने के लिये उठाया गया है

ये सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर की जायेगी आवेदन प्रक्रिया की शुरूआत बाईस अगस्त के बाद शुरू होगी इन पदों के लिये सिविल इंजिनीयरिंग डिप्लोमा और बी कॉम कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर राज्य के दलित महादलित पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों में साक्षरता के लिये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगभग दो हजार दो सौ टोला सेवक और शिक्षा स्वयं सेवियों की जल्द बहाली की जायेगी जन शिक्षा निदेशालय ने नम्बर दो हजार अठारह तक इन रिक्त पदों पर चयन का लक्ष्य रखा है गौरतलब है कि पूरे प्रदेश के लिये बीस हजार टोला सेवकों और दस हजार शिक्षा स्वयं सेवियों की संख्या निर्धारित है

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत राज्य के स्कूलों में इंटर में इस बार नामांकन के लिये ग्यारह लाख सैंतालीस हजार आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुये हैं मेरिट लिस्ट के आधार पर स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया की कल से शुरू होगी जैसा कि मालूम है कि इससे पहले बिहार बोर्ड ने दो बार सूची की तिथि बढ़ायी थी इसके बाद बोर्ड की ओर से आज मेरिट लिस्ट जारी करने की घोषणा की गयी है

बराह क्षेत्र से एक लाख चौंसठ हजार एक सौ क्यूसेक पानी छोड़ा गया जबकि भीमसागर बराज से एक लाख सैंतीस हजार छह सौ बीस क्यूसेक पानी छोड़ा गया है बीते चौबीस घंटे में कोसी के जलस्तर में नौ सेंटीमीटर की वृद्धि हुयी है जबकि गंगा और खगड़िया रेलवे ब्रीज के समीप जलस्तर में नौ नौ सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गयी है इधर गोपालगंज जिले के बैकुंडपुर में गंडक नदी के जलस्तर में कमी के बाद भी निचले इलाके में बाढ़ की रिथति बनी हुयी है बाढ़ नियंत्रण विभाग के सूत्रों ने बताया कि नदी का जलस्तर कम होने के बाद का कटाव के आंशका के मद्देनजर तटबंध का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है

दोपहर ग्यारह बजे से दो बजे के बीच धार्मिक विधि विधान से अस्थियां गंगा में विसर्जित की जायेंगी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव ने बताया कि देश की एक सौ पावन नदियों में अस्थियां विसर्जित की जाएंगी सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में अस्थि कलश ले जाए जाएंगे उन्होंने बताया कि प्रार्थना सभाएं राज्यों की राजधानियों जिला मुख्यालयों और पंचायतों में भी आयोजित होंगी

दोनों जिलों में जैविक खेती बारी सब्जी उत्पादन दुग्ध और अंडा उत्पादन की सभावना के मद्देनजर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी

वहीं दूसरी ओर मधेपुरा के चेलार में दो लोगों की गड्डे में जमा बरसाती पानी में डूबने से मौत हो गयी

उद्घाटन समारोह जकार्ता के गैलोरा बंग कार्नो जीबीके स्टेडियम में किया गया इन खेलों में पांच सौ बहत्तर खिलाड़ियों का भारतीय दल शामिल हैं एशियाई खेलों में इस बार प्रदेश की श्रेयशी सिंह से निशनेवाजी में जबकि नौकायान मेंयामिनी सिंह से मेडल की उम्मीद की जा रही है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाले घरेलू टूर्नामेंट के लिये खिलाड़ियों की दूसरी सूची जारी कर दी है घोषित इक्यावन क्रिकेटरों की सूची में पटना के ग्यारह क्रिकेटर शामिल हैं

हिन्दुस्तान लिखता है अटल की अस्थियां सौ नदियों में प्रवाहित होगी सभी राजधानियों में पहुंचेगे अस्थि कलश दैनिक जागरण का शीर्षक है केरल के लिये प्रधानमंत्री ने की पांच सौ करोड़ रूपये देने की घोषणा दैनिक भास्कर इस खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिये दस करोड़ प्रभात खबर ने लिखा है बीपीएससी की छप्पनवीं से उनसठवीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित संजीव बीपीएससी टॉपर शांकभरी को दूसरा व अमित को तीसरा रैंक

कुख्यात नक्सली अजय कानू को हत्या के मामले में साढ़े सात साल की सजा